मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र बताते हए कहा कि संगठन की शक्ति के बल पर ही वे स्वयं इस मुकाम तक पहंचे हैं और मेरा ब्रथ सबसे मजबूत के मंत्र को सिद्ध कर लिया तो कुछ भी असंभव नही है श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर देशभर से आये पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि आम जनता का विश्वास हमारी ताकत है भाजपा सरकार ने यह साबित किया है कि देश में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाई जा सकती है और कड़े फैसले लिये जायें तो देश की जनता साथ देती है उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो देश को नई ऊॅचाइयों की ओर ले जा रही है लिटरेचर फेस्टिवल केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोन्स ने आज भारत भवन में भोपाल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ किया शुभारंभ समारोह में श्री अलफोन्स ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानियां होती हैं जीवन के अलग अलग किस्से और अनुभव होते हैं साहित्य हमें ऐसे ही अनुभवों को साझा करने का अवसर देता है

तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दौरान देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद श्री अलफोन्स ने मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया उन्होंने संग्रहालय में निर्मित दीर्घाओं में मध्यप्रदेश की जनजातीय जीवनशैली कलाबोध आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं पर आधारित देवलोक खेल और विभिन्न प्रकार के कलाशिल्पों का बारीकी से अवलोकन किया कमलनाथ लोकार्पण मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये लागत से बनने वाले नए मध्यप्रदेश भवन का भूमि पूजन किया इस अवसर पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डाक्टर गोविन्द सिंह भी उपस्थित थे यह भवन लगभग दो साल में बनकर तैयार होगा इसमे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए सुईट के अलावा दो व्हीआईपी कक्ष सहित सौ से ज्यादा कमरे और तीन मीटिंग हॉल रहेंगे नए भवन में आवासीय आयुक्त कार्यालय भी होगा गठबंधन बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आज लखनऊ में गठबंधन का ऐलान किया

अमेठी और रायबरेली सीटों को हमने कांग्रेस से गठबंधन किए बिना ही उसके लिए छोड़ दिया है शेष दो सीटों पर अन्य पार्टियों को मौका देंगे कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करके हमें फायदा नहीं मिलता बल्कि कांग्रेस को हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है

यह आयोजन प्रधानमंत्री निवास पर होगा गौरतलब है कि पिछले वर्ष पांच जनवरी को प्रधानमंत्री ने गुरू गोविन्दसिंह की तीन सौ पचासवी जयंती पर एक डाक टिकट भी जारी की थी

गुरु गोविन्द सिंह की जयंती पर भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में सबद कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे कुम्भ रेल उत्तरप्रदेश में प्रयागराज कृम्भ मेले के लिए रेलवे चार विशेष रेलगाड़ियां चलायेगा ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मंडुआडीह एलटीटी तक चलेगी वहीं एक रेलगाड़ी एलटीटी गोरखपुर एलटीटी तक चलाई जायेगी

मौसम प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रही कड़ाके सर्दी और कई जिलों में चल रही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है

वहीं अन्य जिलों में तेज सर्दी ने अपना असर दिखाया राज्य के विंध्य क्षेत्र में हई बूंदा बांदी से अन्य जिलों में भी तापमान में गिरावट आई है राजधानी भोपाल में चमकीली धूप खिलने से दिन में लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले चौबीस घण्टों में रीवा जबलपुर सागर उज्जैन ग्वालियर संभागों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ने की संभावना है वहीं अन्य जिलों में मौसम शृष्क रहेगा युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर आज प्रदेश भर में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर विद्यार्थियों और नागरिकों को दिये संदेश में कहा कि सूर्य नमस्कार के फायदों को देखते हुए इसे अपने जीवन की दिनचर्या से जोड़ें उन्होंने कहा कि तन और मन से स्वस्थ युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य बना सकते हैं इस अवसर पर भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी शामिल हुए उधर इंदौर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों और कॉलेजों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किये गये सागर में सूर्य नमस्कार का मुख्य आयोजन एमएलबी स्कूल में हुआ ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया गया गुना शिवपुरी रायसेन छतरपुर अनुपपुर शाजापुर अशोकनगर झाबुआ राजगढ़ मुरैना भिंड विदिशा टीकमगढ सिवनी और आगर मालवा जिलों में भी युवा दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये और बड़ी संख्या में लोगो ने सूर्य नमस्कार किया

इस बार जिले के पांच रेंज एरिया गिद्ध गणना के लिए चिन्हित किए गए हैं